नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के बीच मैट्रिक की परीक्षा शुरू

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में आज चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया आदेश जारी किया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार की अर्जी की सुनवाई करते हुए मौत की सजा प्राप्त दोषियों मुकेश सिंह पवन गूप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार के खिलाफ फांसी का नया फरमान जारी किया चारों दोषी इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं गौरतलब है कि इन चारों दोषियों को पहले बाईस जनवरी को फांसी दी जानी थी लेकिन विभिन्न कारणों से फांसी के फैसले पर अमल टल गया था केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर आधारहीन बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी बिहारशरीफ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि जो लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला कर समाज में नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं होंगे श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार सीएए समेत सभी मसलों पर हर तरह के भ्रम को समाप्त करने के लिये बातचीत के लिये हमेशा तैयार है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है जिन्हें न्याय दिलाने के लिये सरकार यह कानून लेकर आयी है

पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों इस्लामिक रिपब्लिक है जहां के देश का सरकारी धर्म इस्लाम में भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है संविधान में सभी बराबर है आज का इस सच्चाई से हम इंकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हिन्दू वेटियों के साथ जबरन जबर्दस्ती की जाती है अमानवीय व्यवहार किया जाता है और लाखों की संख्या में ऐसे प्रताड़ित लोग हिन्दुस्तान आये हैं केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिये कृतसंकल्प है समस्तीपुर के राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में कृषि के लिये एक लाख पचास हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिये जल्द ही किसान ट्रेन शुरू की जायेगी प्रदेश में मैट्रिक की परीक्षा आज से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गयी है परीक्षा के लिये एक हजार तीन सौ अड़सठ केंद्र बनाये गये हैं परीक्षा चौबीस फरवरी तक चलेगी आज पहले दिन कदाचार के आरोप में सैंतीस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक बारह छात्र नालंदा जिले से वहीं मध्रबनी और रोहतास जिले में छह छह अरवल में दो और गया में एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया इधर समान काम के लिये समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आहवान पर नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गये हैं इसे देखते हुए परीक्षा संचालन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित शिक्षक और अनुदानित कॉलेज तथा स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है मूजफ्फरपूर जिला के मोतीपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीपूर बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से तेरह लाख रूपये लूट लिये बताया जाता है कि हथियारों से लैस छह अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी कृष्ण मुरारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की भी छानबीन कर रही है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा अब हमारी श्रृंखला हर काम देश के नाम इस श्रृंखला में हम समाज के निचले स्तर तक विकास का लाभ पहुँचाने तथा सबके कल्याण के लिए तैयार सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर नजर डालते हैं उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह को शुरू केन्द्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से देश भर के किसान लाभान्वित हो रहे हैं योजना का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाइट इस योजना के तहत किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है जिसमें उनके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है इस कार्ड के माध्यम से किसानों को यह जानकारी दी जाती है कि उन्हें अपने खतों के लिए कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के कारण मिट्टी की गुणवत्ता को बनाये रखने में मदद मिल रही है और किसानों की उत्पादकता भी बढ़ी है इस योजना के कारण देश को उन्नति के साथ साथ किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छब्बीस नवम्बर दो हजार सत्रह को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें अत्यंत प्रसन्नता है कि किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज किए गए सुझावों पर अमल कर रहे हैं साउंड बाईट मुझे यह देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई स्वायल हेल्प कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह मी बढ़ता जा रहा है और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती मां का ख्याल रखना होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को मिट्टी की ग्रणवत्ता संबंधी मानकों को समझने और आवश्यक पोषक तत्वों के प्रयोग से इसकी गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है जननायक कर्प्री ठाक्र की पूण्यतिथि के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया पटना के स्मृति संग्रहालय में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्प्री ठाकुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उद्योग मंत्री श्याम रजक समेत अनेक नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यापंण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये इधर जननायक के पैतुक गांव समस्तीपुर जिले के कर्प्ररी ग्राम में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज की प्रक्रिया को शत प्रतिशत डिजिटल बनाने वाला भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन गया है मुंबई में हज दो हजार बीस के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व सुधारों ने पूरी हज प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज मोबाइल ऐप और मसीहा स्वास्थ्य सुविधा जैसी डिजिटल सेवाओं से हज यात्रा अत्यंत सुगम हो गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी तेईस फरवरी को पूर्वाह्न ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह बासठवीं कड़ी होगी सीवान के प्रलिस अधीक्षक अभिनव क्मार ने शराब पीने के आरोपी दारोगा लाल बाबू मांझी को निलंबित कर दिया है नशे की हालत में उसे गिरफ्तार किया गया था आरोपी दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की गयी है सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजलपुर गांव में विवाह समारोह में भोज खाने के बाद पचास से अधिक लोग बीमार हो गये सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र के लालमन पट्टी के पास घने कोहरे के कारण एक यात्री बस और कार की टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत गरीब बाजार के पास एक ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण एक महिला की मौत हो गयी तथा नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये दिल्ली की केन्द्रीय टीम ने आज शेखपुरा सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया

नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के बीच मैट्रिक की परीक्षा शुरू